हालांकि इनमें से साढ़े बारह हजार से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं

इनमें से ढ़ाई हजार से अधिक व्यक्ति कोरोना सेंटर से स्वस्थ होकर घर लौट गये हैं

जिले में किल कोरोना अभियान के तहत घर घर सर्वे किया जा रहा है होशंगाबाद जिले में दो नये मरीज मिले हैं

कोरोना मृत्यु दर पिछले एक सप्ताह में राज्य में कोरोना मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिया कि राज्य में कोरोना के उपचार की सबसे अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हर रोगी ठीक हो जाए लॉकडाउन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल से हर रविवार प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा इस दौरान सभी बाजार कार्यालय और प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे हालांकि दूध पार्लर मेडिकल स्टोर अस्पताल इमरजेंसी सर्विस से जुड़े परिवहन साधनों पर यह आदेश लागू नहीं होगा सिर्फ लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी

विदिशा जिले में भी कल कम्पलीट लॉकडाउन रहेगा श्योपुर जिले में आज और कल व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे बुरहानपुर में महाराष्ट्र सीमा सील कर दी गई है मंदसौर में आज से सोमवार सुबह तक टोटल लॉकडाउन रहेगा वहीं शिवपुरी में पहले से ही सात दिन की पूर्ण लॉकडाउन लागू है जो कल तक प्रभावी रहेगा

इसके अतिरिक्त फेसबुक लाइव प्रसारण भी होगा

इस मौके पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने एक ट्वीट में कहा है कि परिवार कल्याण योजना लगातार विकास का न केवल आधार है बल्कि गरीबी उन्मूलन तथा ख्रशहाल जीवन की प्राप्ति में भी बढ़ा योगदान है प्रदेश में भी आज कई जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं सीहोर में आज से जिले में जनसंख्या स्थिरता माह का आयोजन किया जा रहा है जिले में इस दौरान चिन्हित नवदंपति को नई पहल किट का वितरण किया जा रहा है आगरमालवा में भी आज से जनसंख्या स्थिरता मास शुरू हुआ